पहली किश्त नकद जमा करानी होगी जबकि बाकी किश्तें बैंक खाते से अपने आप ले ली जायेगी इस योजना में मजदूर के अंशदान के बराबर सरकार भी अंशदान करेगी

इस अवसर पर केन्द्रीय श्रम और रोजगार मंत्री संतोष गंगवार ने इस योजना और श्रमिकों के लाभ के लिए तैयार की गई अन्य योजनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी

इस अवसर पर उन्होंने कहा कि रेडियो सूचना का सबसे सशक्त माध्यम है और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भी मन की बात कार्यक्रम के लिए रेडियो को ही चुना

ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव राजेश्वर सिंह ने आज सौ दिवसीय कार्य योजना की वीडियो कांफ्रेसिंग के जरिए की गई समीक्षा के दौरान यह जानकारी दी

इसे लागू करने के बारे में रिथति अगले दो दिनों में स्पष्ट हो जायेगी

कौशांबी के पुलिस उप अधीक्षक सचिदानन्द पाठक ने बताया कि श्रद्धालुओं की बस वापस राजस्थान के उदयपुर लौट रही थी

विधायक रमिला खडिया ने मेले का शुभारंभ किया

चूरू जिले के भालेरी क्षेत्र में लोक परिवहन बस की चपेट में आने से आज सुबह दो महिलाओं की मौत हो गई

जयपुर विकास प्राधिकरण के अमीन कैलाश चंद्र शर्मा को आज भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने दो हजार रूपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ़तार किया